दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार में बडी संख्या में लोग पहुंचे राज्य में भी विभिन्न स्थानों पर दिवगंत नेता के सम्मान में श्रद्धांजलि सभाएं हुई थी

अंत्येष्टि के समय भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई श्रीलंका के कार्यवाहक विदेशमंत्री लक्ष्मण किरेला बंगलादेश के विदेश मंत्री नेपाल के विदेश मंत्री पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना और कानून मंत्री अली जफर भी मौजूद थे इससे पहले भाजपा मुख्यालय से अंतिम यात्रा पंडित दीनदयाल मार्ग बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली गेट नेताजी सुभाष मार्ग और शांति वन होते हुए राजघाट के नजदीक स्मृति स्थल पर पहुंची रास्ते में दोनों ओर भारी संख्या में लोग खड़े थे और पुष्प वर्षा करते हुए नारे लगा रहे थे जनसमूह के अंतिम यात्रा में भाग लेने के मद्देनजर मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी दो हजार से अधिक सुरक्षार्भियों को तैनात किया गया था पार्टी मुख्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अंटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय में रखा गया था जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी इससे पहले श्री वाजपेयी का पार्थिव शरीर कल शाम से उनके सरकारी आवास कृष्ण मेनन मार्ग पर रखा गया था जहां राज्यों के राज्यपालों मुख्यमंत्रियों तीनों सेना प्रमुखों राजनीतिक दलों के नेताओं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख और गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी वर्गो के लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर चारों ओर से शोक संदेश मिले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के दिग्गज नेता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के निधन से एक युग का अंत हो गया है और शून्य की स्थिति पैदा हो गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वाजपेयी जी एक साहसिक प्रधानमंत्री र्थ जिन्होंने पोकरण परमाणु परीक्षण को संभव कर दिखाया वे उच्च सिद्धांतों वाले राजनेता और प्रेरणा भर देने वाले कवि थे लोग उन्हें दलगत राजनीति से अलग हटकर सम्मान देते थे लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

आज केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों और केन्द्रीय उपकमों में दोपहर बाद आधे दिन का अवकाश रहा जबकि प्रदेश में न्यायालय सहित सभी सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थान बंद रहें दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रतिष्ठान बंद रखे सीकर में व्यापारिक संगठनों ने दिवंगत नेता के सम्मान में श्रद्वांजलि सभा हुई झालावाड़ और चूरू में भी अटल जी के सम्मान में बाजार बंद रहे करौली में पुलिस लाइन में पौधारोपण कर दिवंगत नेता को श्रद्दांजलि दी गई

सरकारी सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि केश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं के कारण अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से स्थगित कर दी गई और आज सवेरे यात्रियों के नए जत्थे को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई हालांकि पहलगाम और बालतल से वापसी यात्रा को अनुमति दी गई है खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से यात्रा तीन दिन तक स्थगित रहने के बाद कल शुरू की गई थी

झालावाड़ जिले में इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है और वे जीविकोपार्जन कर रहे हैं

उदयपुर और बांसवाड़ा में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं झालावाड बाड़मेर भीलवाड़ा पाली जैसलमेर और जालौर से भी वर्षा के समाचार मिले हैं वर्षा के इस दौर से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है

बोर्ड सचिव ने बताया कि इस परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारम्भिक उत्तर कृंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है